चुनावी बॉण्ड केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि चुनावी बॉण्ड जारी करने का फैसला चुनावी चंदे में जबावदेही बढ़ाने और काले धन पर अंक्श लगाने के लिये लिया गया है इससे चुनाव सुधार लागू करने में मदद मिलेगी एक याचिका पर दिये गये अपने जवाब में केन्द्र सरकार ने कहा है कि यह बॉड पंजीकृत राजनैतिक दलों को उनके अधिकृत बैंक खाते के जरिए दिये जा सकते है जिसमें चंदे देने वाले या लेने वाले राजनीतिक दल का नाम नहीं होगा केवल एक विशिष्ट गोपनीय संख्या होगी और बैंक के पास बॉण्ड खरीदने का ब्यौरा होगा लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जायेगा

राष्ट्रपति पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित ग्राम भारती में राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार प्रदान किये उन्होंने उत्तरप्रदेश के प्रकाश सिंह रघुवंशी फसलों की नई किस्मों का पता लगाने के लिये लाइफटाइम पुरस्कार प्रदान किया वहीं पशुओं के इलाज के लिये हरबल चिकित्सा खोजने के लिये तमिलनाडू के पेरियासामी रामासामी को भी पुरस्कृत किया गया राष्ट्रपति ने इस अवसर पर नवाचार और उद्यमशीलता प्रदर्शनी फाइन का भी उद्घाटन किया राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान द्वारा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह समारोह नवाचारों को मान्यता देने उन्हें सबके सामने लाने और पुरस्कृत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है जेटली बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि भारत जल्द ही विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि भारत तेजगति से प्रगति की इच्छा रखने वाला देश है पिछले कुछ वर्षो में यह प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित हुई है

प्रमुख राजनैतिक दल जहां प्रत्याशी चयन को लेकर विचार विमर्श कर रहे है वहीं चुनाव से जुड़ी अन्य तैयारियों को लेकर भी योजनायें व रणनीति बनाई जा रही हैं इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही चुनाव प्रबंधन से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के प्रस्तावित दौरों को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा की गई इस बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने अलग अलग समूहों में संभावित प्रत्याशियों के संबंध में भी चर्चा की बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन स्वतंत्र देव सिंह उपाध्यक्ष प्रभात झा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के अलावा समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद थे दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की इस बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे प्रत्याशी चयन को लेकर आज नई दिल्ली में भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हो रही है इस बैठक में मध्यप्रदेश के पार्टी प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है

पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हये कहा कि पिछड़ा वर्ग राज्य की लगभग आधी आबादी का हिस्सा है कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में सामाजिक न्याय की दिशा में और ठोस कदम उठाने का वादा किया था

राज्य सरकार के इस कदम से अब पिछड़े वर्ग को पहले से अधिक अवसर मिलेंगे जिससे वे आर्थिक रूप से ज्यादा उन्नत और सशक्त होंगे विधानसभा समिति विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा है कि वित्तीय समितियां राजकोष की प्रहरी हैं इनसे प्रदेश के बजट पर समुचित नियंत्रण कार्यों की गुणवत्ता और उनके क्रियान्वयन में तत्परता संभव है श्री प्रजापति आज भोपाल में विधानसभा की वित्तीय समितियों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थें उन्होंने कहा है कि इन समितियों की बैठकों में बिना किसी दलीय दृष्टिकोण के ज्यादा गहराई और बारीकी से विचार विमर्श संभव होता है यह समितियां अपने सुझायों और दिशा निर्देशो से कार्यपालिका के कार्य को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाती हैं इस बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे लोकलेखा के समिति के सभापति डॉ नरोत्तम मिश्रा सरकारी उपकम संबंधी समिति के सभापति लक्ष्मण सिंह स्थ्ज्ञानीय निकाय एवं पंचायती राज्य समिति के सभापति बिसाहूलाल सिंह और अनुसूचित जनजातीय व पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति रामलाल मालवीय के अलावा इन समितियों के सदस्य भी मौजूद थें उपभोक्ता संरक्षण दिवस आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है भोपाल में उपभोक्ता संरक्षण कांग्रेस की ओर से एक रैली निकाली गई और उपभोक्ता जागरूकता के लिये कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किये गये धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर शहर के शासकीय महाविद्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश प्रहलाद पाटीदार और उपभोक्ता फोरम के सदस्य उपभोक्ता अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी दी इन्दौर में भी इस मौके पर उपभोक्ता जागरूकता मंच द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है उधर बालाघाट में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया

पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ हुये गठबंधन के तहत बालाघाट और खजुराहो में भी अपना प्रत्याशी उतारेगी

वहीं फर्जी परीक्षार्थी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है

वहीं भोपाल पुलिस मुख्यालय में साइबर सेल का कार्य संभाल रहे रियाज इकबाल को सतना का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है